जयराम ठाकुर ने बताया कि राज्य सरकार उद्योगों की मांग के मुताबिक युवाओं का कौशल स्तरोन्यन सुनिश्चित बना रही है

मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार द्वारा भारत के हिस्से का पानी पाकिस्तान को न देने के फैसले का स्वागत किया है मंडी में पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के साथ हई जलसंधि का कोई उल्लघंन नहीं किया जा रहा है और जो पानी रोका जाएगा वो भारत के हिस्से का है जयराम ठाकुर ने कहा कि केंद्र सरकार पाकिस्तान की कायराना हरकत का हर स्तर पर करारा जवाब दे रही है विपिन परमार प्रदेश सरकार लोगों को आधुनिक व बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए प्रतिबद्ध है और राज्य में सभी नागरिकों के लिए स्वास्थ्य सुरक्षा कवर सुनिश्चित बनाया गया है स्वास्थ्य मंत्री विपिन परमार ने सुलह विधानसभा क्षेत्र के साई भ्रांता में आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केंद्र का उद्घाटन करने के बाद आज ये बात कही

स्वास्थ्य मंत्री ने लोगों से हिम केयर योजना का लाभ उठाने की अपील भी की है

ज़िला उपायुक्त गोपाल चंद ने बताया कि राहत कार्य युद्ध स्तर पर जारी है मगर अभी तक कोई भी जवान ग्लेशियर से नहीं निकाला जा सका है इस बीच बर्फ से निकाले गए बिलासपुर जिले के जवान राकेश कुमार का पार्थिव शरीर आज सेना के हैलिकॉप्टर के माध्यम से उनके पैतृक गांव पहुंचा दिया गया है

इसके अलावा उन्होंने शम्भूवालां में उठाऊ सिंचाई योजना की आधारशिला भी रखी

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार से नाहन निर्वाचन क्षेत्र को मैडिकल कॉलेज ईएसआई अस्पताल और भारतीय प्रबंधन संस्थान मिला है जिससे सिरमौर ज़िला शिक्षा के क्षेत्र में देशभर में अपनी अलग पहचान बना चुका है वीरेंद्र कंवर ग्रामीण विकास व पंचायतीराज मंत्री वीरेंद्र कंवर ने कहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में कौशल विकास राज्य सरकार की प्राथमिकता है

वीरेंद्र कंवर ने बताया कि इन केंद्रों से प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके युवा विभिन्न उद्योगों में रोजगार हासिल कर रहे हैं और स्वरोजगार भी अपना रहे हैं

यह कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर प्रसारित किया जाएगा यह कार्यक्रम प्रधानमंत्री कार्यालय सूचना और प्रसारण मंत्रालय आकाशवाणी तथा दूरदर्शन के यू ट्यूब चैनलों पर भी प्रसारित होगा इसी तरह यह कार्यक्रम आकाशवाणी की वेबसाइट डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट ऑल इंडिया रेडियो डॉट जी ओ वी डॉट आई एन और न्यूज ऑन ए आई आर डॉट एन आई सी डॉट आई एन पर भी उपलब्ध रहेगा